केन्द्र सरकार ने कहा है कि हम अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे कई ट्वीट संदेशों में जल संसाधन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि भारत पूर्वी नदियों के पानी के बहाव को मोड़कर इसकी जम्मू कश्मीर और पंजाब में आपूर्ति करेगा उन्होंने कहा कि रावी नदी पर शाहपुर कांडी बांध निर्माण का काम शुरू हो गया है श्री गड़करी ने कहा कि उस परियोजना से जम्मू और कश्मीर में इस्तेमाल के लिए भारत के हिस्से का पानी एकत्रित किया जाएगा और बाकी पानी अन्य राज्यों के लिए उपलब्ध कराने के लिये रावी ब्यास द्वितीय लिंक से छोड़ा जाएगा गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी कर्मियों को हवाई यात्रा के अधिकार की मंजूरी दे दी है मंत्रालय ने सीआरपीएफ के सभी कर्मियों को दिल्ली श्रीनगर श्रीनगर दिल्ली जम्मू श्रीनगर और श्रीनगर जम्मू सेक्टरों में भी हवाई यात्रा के अधिकार की स्वीकृति दे दी है इस फैसले से सीआरपीएफ के कार्स्टबल हैड कांस्टेबल और एएसआई रैंक के लगभग सात लाख अस्सी हजार कर्मियों को फायदा होगा जो अभी तक इस सुविधा के पात्र नहीं थे केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ये मंजूरी ड़यूटी के साथ साथ अवकाश पर आने जाने के लिए भी दी गई है

श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में कहा कि यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा केन्द्र सरकार ने तीन तलाक से जुड़े अध्यादेश को तीसरी बार कल लागू कर दिया केन्द्रीय विधि मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिकार अध्यादेश सहित चार अन्य अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिये है कर्न्द्रीय केबिनेट ने मंगलवार को इस अध्यादेश को आगे बढाने की मंजूरी दी थी प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है इस कड़ी में जयपुर शहर में कई स्थानों पर जयपुर तैयार है थीम पर पोस्टर लगाए गए हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा सके

इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल टोंक का और मंगलवार को चूरू का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर कल जयप्र में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गयी बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आपसी समन्वय से प्रधानमंत्री के दौरे की सभी तैयारियां समय पर करने के निर्देश दिये उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अजमेर और टोंक के वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए

पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री देशभर के करीब नौ लाख बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे

प्रदेष में स्वाइन फ्लू संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढोतरी होती जा रही है

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल बाड़मेर और पाली में दो लोगों की स्वाईन फ्लू से मौत के समाचार है

उधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वाइन फलू के बारे में प्रदेषभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जयपुर के केन्द्रीय कारागार में एक पाकिस्तानी कैदी की हत्या के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है साथ ही आयोग ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से उन जेलों में एहतियात बरतने को कहा है जिनमें पाकिस्तानी नागरिक बंद हैं आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट कां संज्ञान लेते हुए यह नोटिस जारी किया है आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक जेल को चार सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है इस बीच बीकानेर केंद्रीय कारागृह में बंद पांच पाकिस्तानी बंदियों की जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है जेल अधीक्षक परमजीत सिंह सिद्ध ने बताया कि कड़ी सुरक्षा वाले बैरक में इन कैदियों को रखा जा रहा है उनकी सुरक्षा भी दुग्नी कर दी गयी है